प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने की अपील की सात दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा लंका दहन की रस्म के साथ संपन्न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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने सैंकड़ों रियासतों और देश की विविधता को आजाद भारत की शक्ति बनाकर हिन्दुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया

उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति और समुद्धि के लिए विश्व समुदाय की एकता आवश्यक है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों मजदूरों गरीबों और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि राष्ट्र रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और सुरक्षा बल देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की राज्यपाल ने कहा कि देश की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे बहादुर सैनिक सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं उन्होंने लोगों से शांति व एकता को बनाए रखने की अपील की राज्यपाल ने प्रदेश पुलिस की टुकड़ी द्वारा प्रस्तुत मार्चपास्ट की सलामी ली और लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प समर्पण और कूटनीति से ही ये संभव हो पाया कि भारत आज एकजुट है जयराम ठाकुर ने कहा कि सरदार पटेल की सबसे बड़ी विशेषता और उपलब्धि ये रही कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से भौगोलिक विषमताओं विविध भाषाओं व परम्पराओं वाले देश को एकसूत्र में पिरोया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक बड़ी पहल की गई है

इंदिरा गांधी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्वासुमन अर्पित किए जयराम ठाकुर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया पटेल जयंती कांग्रेस इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शिमला में उनके छायाचित्रों पर पुष्पाजंलि अर्पित की उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी देश की प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी राठौर ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर देश को मजबूत किया इस बीच कुलदीप राठौर सहित प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेताओं ने रिज मैदान पर देश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसान अधिकार दिवस के तौर पर सत्याग्रह उपवास भी रखा दशहरा सम्पन्न सात दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आज लंका दहन की रस्म प्ररी होने के साथ ही समाप्त हो गया दोपहर बाद भगवान रघ्नाथ जी को उनके अस्थायी शिविर से रथ पर बैठाकर लंका दहन के लिए ले जाया गया कोरोना महामारी के चलते इस बार सीमित लोगों को ही रथ यात्रा में भाग लेने की अनुमति थी बाद में रघुनाथ जी की पालकी को सुल्तानपुर स्थित मंदिर ले जाया गया इस अवसर पर भगवान रघुनाथ जी के प्रथम सेवक महेश्वर सिंह और राज परिवार के अन्य सदस्य परम्परागत वेशभूषा में उपस्थित थे इस बीच दशहरा के अंतिम दिन स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के सौजन्य से मन्नत कला मंच के कलाकारों ने लोगों को गीत संगीत व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कोरोना महामारी के बारे में जागरूक किया बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है

पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने कांगड़ा ज़िले में नुरपूर विधानसभा क्षेत्र के लम्बानाल में बासा कुर्दवालां सड़क का आज भूमि पूजन किया

पठानिया ने क्षेत्र के प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने को अपनी प्राथमिकता बताया बाल्मिकी जयंती आज महर्षि वाल्मिकी जयंती है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को इस अवसर पर श्भकामनाएं दी हैं स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में आयोजित समारोह में शिरकत की और वाल्मिकी मंदिर में पूजा अर्चना भी की उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मिकी की शिक्षाओं की प्रासंगिकता सार्वकालिक है और सभी को इन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए सैजल ने कहा कि महर्षि वाल्मिकी ने समाज को एकसूत्र में पिरोया और लोगों में आत्मविश्वास की भावना जागृत की

मांग चंबा ज़िले में जनजातीय क्षेत्र भरमौर की लोथल पंचायत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूड़ी में पिछले एक माह से कोई भी चिकित्सक न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

उन्होंने सरकार से स्वास्थ्य केंद्र में जल्द से जल्द चिकित्सकों की नियुक्ति करने की मांग की है दुर्घटना चंबा ज़िले के चुराह विधानसभा क्षेत्र के हिमगिरी आयल में आज शाम एक कार के गहरी खाई में गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल है